और इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग अस्सी प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुये

आज इस मामले में साकेत स्थित अदालत में सुनवाई हुई अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित इक्कीस लोगों के खिलाफ यौन शोषण आपराधिक साजिश और पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किये हैं आज ब्रजेश ठाकुर रामानुज और अश्विनी सहित सभी आरोपियों की अदालत में पेशी हुई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द सुनवाई प्री करने के आदेश दिये हैं गौरतलब है कि पीड़ितों और इस कांड के गवाहों की सुरक्षा के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बिहार के बाहर दूसरी अदालत में सुनवाई हो रही है मुंगेर मुख्यालय स्थित विशेष दत्तक गृह के संचालन में अनियमितताओं के उजागर होने के बाद समाज कल्याण विभाग ने संबंधित संस्था का एकरारनामा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है विभाग के निदेशक राज कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि आगामी एक अप्रैल दो हजार उन्नीस से इस विशेष दत्तक गृह का संचालन मुंगेर स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई करेगी भाजपा की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी को दल विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिये निष्कासित कर दिया है उन्होंने एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरूद्ध बांका लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है इसके साथ ही बांका जिला के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह पूर्व जिला महामंत्री जयशंकर चौधरी सहित कई लोगों से पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने आरा सिवान काराकाट और जहानाबाद सीटों के लिए चार उम्मीदवारों की घोषणा की है पार्टी राज्य इकाई के सचिव कुणाल ने कहा कि पार्टी पाटलीपुत्र सीट पर आजेडी उम्मीदवार मिसा भारती का समर्थन करेगी गौरतलब है कि आरजेडी ने अपने कोटे से आरा सीट सीपीआई एमएल को दे दी है इधर शिवसेना प्रदेश में बीस लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी पार्टी ने तीन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है गया लोकसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का चुनाव प्रचार के दौरान मंच टूट जाने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई पूर्व मुख्यमंत्री श्री मांझी अपने लोकसभा क्षेत्र के बेला में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इसी दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के बोझ से मंच टूट गया इस दुर्घटना में श्री मांझी को हल्की चोट भी आई राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने कहा है कि अधिकारियों से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा नेपाल के एफएम रेडियो चैनलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के तरीकों का पता लगाने को कहा गया है हमारे पटना संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल के एफएम रेडियो स्टेशनों से चुनावी जिंगल राजनीतिक संदेश और विज्ञापनों का प्रसारण प्रायः होता रहता है चंपारण मध्रबनी सीतामढ़ी सुपौल अररिया और किशनगंज जैसे बिहार के जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी सीमावर्ती जिलो के जिलाधिकारी को कहा गया है कि वे नेपाल के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचित करें की भारत की लोकतांत्रिक प्रकिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हों यह भी सुनिश्चित किया जाय की एफएम चौनलों के माध्यम से सीमापार से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चलाये जा रहे सघन वाहन जांच अभियान और छापेमारी के दौरान अब तक सात सौ बत्तीस बंदूक राईफल और अन्य हथियार जब्त किये गये हैं वहीं तीन हजार चार सौ एक गोलियां भी बरामद की गयी है आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तीस से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाये गये अभियान में वाहन जांच के दौरान तीन करोड़ तिरासी लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम देशभर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी चौकीदार हूँ कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे पटना के राजेन्द्र नगर में आयोजित कार्यक्रम में पटनासाहिब से भाजपा उम्मीदवा रविशंकर प्रसाद सहित पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे लोक सभा के पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा पेश है गया संसदीय क्षेत्र का चुनावी परिद्रश्य

पूर्व मुख्य मंत्री और वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी महागठबंधन की ओर से अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर चुनावी मैदान में है वहीं एनडीए ने दिवंगत सांसद भगवती देवी के पुत्र विजय कुमार को जदयू से टिकट दिया है निर्वतमान सांसद पिछली बार चुनाव जीतने वाले हरि मांझी को एनडीए के घटक दलों के बीच समझौते के कारण अपनी सीट गंवानी पडी अलग अलग संसदीय आम चुनावों में यहां के वोटरो की पसंद बदलती रही है सबसे अधिक छह बार कांग्रेस और चार भाजपा के प्रत्याशी यहां से निर्वाचित हुए हैं वहीं जनता दल को तीन बार और राजद सोशलिस्ट पार्टी जनसंघ को एक एक बार गया संसदीय सीट से जीत का स्वाद चखने को मिल चुका है गया संसदीय क्षेत्र में में गया शहर बेलागंज शेरघाटी बोधगया वजीरगंज और बाराचट्टी क्षेत्र के सत्रह लाख अठार हजार मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे केंद्रीय मुद्दों के अलावा नक्सल समस्या बेरोजगारी आर्थिक पिछडापन और सूखे के संकट जैसे मुद्दों की कसौटी पर यहां उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला होता रहा है दो गठबंधनों के बीच आमने सामने की टक्कर से इस बार चुनावी मुकाबला रोचक होने को आसार हैं आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है इस वर्ष लगभग अस्सी प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये हैं परीक्षा में आर्ट्स में कुल उनासी दशमलव पांच तीन प्रतिशत कॉमर्स में तिरानवे दशमलव शून्य दो प्रतिशत साइंस में इक्यासी दशमलव दो शून्य प्रतिशत छात्र पास हुए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने परीक्षा परिणाम जारी किया इस वर्ष पहली बार मार्च महीने में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी किये हैं साइंस में दो छात्र नालंदा की रोहिणी प्रकाश और अरवल के पवन कुमार ने चौरानवे दशमलव छह प्रतिशत अंक के साथ संयुक्त रूप से टॉपर रहे दूसरा स्थान पर संयुक्त रूप से समस्तीपुर के सत्यजीत सुमन और पश्चिम चम्पारण के शुभंकर कुमार वहीं कटिहार के मोहम्मद अहमद ने तीसरा स्थान हासिल किया कला संकाय में बेतिया की रोहिणी रानी और गया के मनीष कुमार संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे योगापट्टी के विकास कुमार और किशनगंज की माहेनूर जहां संयुक्त रूप से द्रसरे स्थान पर रही कला में ही जमुई की हर्षिता कुमारी और निशिकांत कुमार झा ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया कॉमर्स में शेखपुरा जिले के बरबीघा के सत्यम कुमार पहले स्थान पर रहे जबकि पटना के सोनू कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया पश्चिम चम्पारण के बगहा की श्रेया कुमारी तीसरे स्थान पर रही पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया पूलिस ने पथरी घाट से बारह किलो चरस के साथ दो तस्करो को गिरफ्तार किया है जब्त चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत ढ़ाई करोड़ बतायी जा रहा है गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है प्रदेश में सीमांचल क्षेत्र में अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है अररिया और आसपास के इलाकों में बादल छाये हये हैं कई स्थानों पर आज शाम हल्की से मध्यम बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली है

और इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग अस्सी प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुये